उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के संकल्प को लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की ब्रांडिंग किये जाने के भी निर्देश दिये

वन राज्य मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में कहा कि यह अभियान अपने आप में एक रिकार्ड साबित होगा और सरकार के सभी विभाग इसके लिए मिल कर काम करेंग उन्होंने कहा कि यह वृक्षारोपण अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान साबित होगा

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जन जीवन अस्त व्यवस्त हो गया है बारिश से जुड़े हादसों में पिछले चार दिनों में अब तक छियासी लोगों की मौत हो च्की है जबकि साढ़े चार सौ से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं आज चित्रकूट औरैया इलाहाबाद उन्नाव अमेठी और जौनपुर से एक एक व्यक्ति के मृत्यु का समाचार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत राशि देने और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिये है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा राजधानी लखनऊ में आज सुबह जोरदार बारिश हुई जिससे प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया और लोग भारी जाम और जल भराव से जूझते रहे सुल्तानपुर फैजाबाद बस्ती आजमगढ़ कन्नौज मैनपुरी मुरादाबाद वाराणसी चन्दौली भदोही बदायू बहराइच मिर्जापुर गोण्डा बलरामपुर जौनपुर प्रतापगढ़ कुशीनगर जिलों से हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि उनके जिलों म चार दिनों से जारी बारिश का क्रम आज भी चलता रहा बुन्देलखंड के भी कई जिलों में आज भी बारिश होती रही कानपुर देहात से हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि मूसलाधार बारिश से सैकड़ों गांव जलमग्न है तथा रसूलाबाद में एक मकान के डह जाने एक बच्चे की मौत हो गई कानपूर देहात में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही वर्षा से चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है लगातार बरसात से जहां लोगो को गर्मी से राहत मिला है वहीं कई निचले इलाकों में जलभराव से भी लोगों को दिक्कत हो रही हैं तथा लोगों का दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है किसानों के लिये वर्षा उपयोगी साबित हो रहा है जिले में धान की रोपाई में तेजी देखी जा रही है किसानों के अनुसार अब धान की रोपाई अंतिम चरण में चल रहा है इसलिए यह बरसात उनके लिये फायदेमंद है

प्रदेश में प्रमुख नदियां उफान पर है और कई जगहों पर बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार यमुना नदी मुजफ्फरनगर में घाघरा नदी बाराबंकी और फैजाबाद में तथा शारदा नदी पलियाकलां में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पीलीभीत से हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि शारदा शारदा नदी रमनगरा और हजारा क्षेत्र में तेजी से कटान कर रही है सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि में खड़ी फसलें भी जलभराव से खराब होने लगीं हैं

इससे ट्रांस शारदा क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में खड़ी धान गन्ना व सब्जी की फसलें खराब होने लगी हैं भूजिया धूरिया पलिया और राणाप्रतापनगर में नदी भूकटान कर रही है अब तक करोड़ों की खेती योग्य जमीन फसलों सहित नदी में समा चुकी है प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है जिलाधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं सतीश मिश्र अकाशवाणी समाचार पीलीभीत सहारनपुर जिले में यमुना में जलस्तर बढ़ने से हथनीकुंड क्षेत्र के आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है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

आज सावन के पहले सोमवार के दिन प्रदेश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ी जगह जगह शिव मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लम्बी कतारे नजर आई लोग सुबह से ही महादेव के दर्शनों के लिए मौजूद थे राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भारी संख्या में भक्त बरसते पानी के बीच महादेव के जलाभिषेक के लिए घंटों इंतजार में खड़े रहे पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव हिमालय छोड़कर काशी में विराजमान हो जाते हैं वाराणसी से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक के लिए कांवरियों और शिव भक्तों के वाराणसी आने का तांता लगा हुआ है बाबा विश्वनाथ के अलावा कैथी के मार्कण्डेय महादेव सारनाथ के सारंग नाथ शूलटंकेश्वर महादेव मृत्यंजय महादेव तिलभाण्डेश्वर महादेव और बीएचयू के नये विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिये शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली रिमझिम बारिश के बीच भीगते हुए दूर दूर से कांवरिये बीती रात से ही बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कतारबद्व होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए शिव भक्त यादव बंधुओ के ढोल नगाड़ों की थाप पर निकली शिवभक्तों टोली एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बनी रही

छोटी काशी कहे जाने वाले गोला गोकरणनाथ में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में नजर आई हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट प्रदेश ही नहीं वरन भारत में छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकरण नाथ में सावन के पहले सोमवार को एक और जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के साथ साथ शिव भक्तों और दूर दूर से आए कांवरियों की भोले के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं

श्यामजी अग्निहोत्री आकाशवाणी समाचार लखीमपुर खीरी प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि शिव मंदिरों में जल चढ़ाने वाले भक्तों के साथ ही कावंड़ियों की भी बड़ी संख्या मौजूद रही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं संभल से हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि प्रमुख मंदिरों में प्रशासन ने सीसी टीवी के भी इंतजाम किये हैं महराजगंज से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद के प्रसिद्ध इटहिया शिव मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे हर ग़रीब का अपना घर बनाने का सपना पूरा हो सके इस उद्दश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक व्यापक कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की थी इस योजना के तहत प्रदेश में लाखों लोगों को घर मिला है और आवास निर्माण के मामले में भी प्रदेश का प्रदर्शन पूरे देश में शानदार रहा है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के उन गरीबों दलितों और वंचित तबकों के लोगों का अपने आशियाने का सपना साकार हुआ है जो बरसों से कच्चे घरों में रह रहे थे

अब तक कच्चे मकान में रह रहे फिरोजाबाद के शान मोहम्मद को घर मिला

फिराजोबाद की शायरा कहती हैं

समाप्त